प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर इक्यानवे प्रतिशत हुई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नमामि गंगे और अमृत मिशन योजनाओं से शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति और समुचित सीवरेज की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है श्री मोदी इन दोनों योजनाओं के तहत बिहार में शहरी ब्रनियादी ढ़ांचे से संबंधित सात परियोजनाओं के उद्घाटन सह शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए बिहार में छह हजार करोड़ रुपये की पचास से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है उन्होंने कहा कि गंगा के किनारे कई पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं श्री मोदी ने आशा जतायी कि नमामि गंगे परियोजना लोगों के जीवन शैली को बदल देगी उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन डॉल्फिन परियोजना और गंगा में जैव विविधता के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होगा

देश में गंगा के किनारे कई जगहों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त रिवर फ्रंट पर भी काम तेजी से चल रहा है

मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही रिवर फ्रंट बनाने की परियोजना का शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयासों से राज्य भर के शहरों में पीने के पानी और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है श्री मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत पिछले एक साल में बड़े स्तर पर काम हुआ है बाईट बीते एक साल में जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश में दो करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं आज देश में हर दिन एक लाख से ज्यादा घरों को पाईप से पानी के नए कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है स्वच्छ पानी मध्यम वर्ग का गरीब का न सिर्फ जीवन बेहतर बनाता है बल्कि उन्हें अनेक गंभीर बीमारियों से भी बचाता है प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया उनमें से चार परियोजनाएं जलापूर्ति से संबंधित हैं जबकि दो जलमल उपचार और एक नदी क्षेत्र के विकास से जुड़ी है इन परियोजनाओं की कुल लागत पांच सौ इकतालीस करोड़ रुपये है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दरभंगा में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के गठन की स्वीकृति दे दी है

इस संस्थान के अस्पताल में सात सौ पचास बिस्तर होंगे इस का निर्माण चार वर्षो में एक हजार दो सौ चौंसठ करोड़ रूपये की लागत से किया जाएगा रेलवे ने विशेष मार्गो पर भारी मांग को देखते हुये इस महीने की इक्कीस तारीख से बीस जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है जिन रेलगाडियों में प्रतीक्षा सूची लंबी होती है और मांग अधिक होती है उसके लिये एक और ट्रेन चलायी जाती है जिसे क्लोन ट्रेन कहा जाता है इनमें से पांच ट्रेन बिहार से खुलेगी बिहार से खुलने वाली ट्रेनों में सहरसा राजगीर दरभंगा मुजफ्फरपुर और राजेन्द्र नगर से नई दिल्ली के लिए खुलने वाली स्पेशल क्लोन ट्रेन शामिल हैं नई घोषित क्लोन ट्रेन निर्धारित समय पर चलेंगी और पूरी तरह आरक्षित होंगी इनका ठहराव संचालन हॉल्ट पर सीमित रहेगा इन रेलगाड़ियों में हमसफर एक्सप्रेस रेक होगा और इनका किराया भी हमसफर ट्रेन के बराबर होगा इन रेलगाड़ियों में अग्रिम आरक्षण की अवधि दस दिनों की होगी ये विशेष क्लोन ट्रेन पहले से संचालित हो रही विशेष रेलगाडियों के अतिरिक्त चलाई जाएंगी चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाली बैठकों में अधिकतम एक सौ व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति दी है राज्य के दौरे पर आई आयोग की दो सदस्यीय टीम ने चुनाव प्रक्रिया में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन हर स्तर पर करने का निर्देश दिया टीम ने राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार और विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव के साथ उच्च स्तरीय बैठक में जिला प्रशासनों द्वारा की जा रही तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया बैठक में चुनाव को लेकर पर्याप्त निर्वाचन कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिये गये चुनाव आयोग ने प्रदेश के बारह निबंधित गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नया चुनाव चिन्ह आवंटित किया है जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा को कड़ाही और पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी को कैंची चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है इसी तरह अन्य दलों को भी नये चुनाव चिन्ह आवंटित किये गये हैं बिहार में कोविड उन्नीस रोगियों के स्वस्थ होने की दर देश में सबसे अधिक हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार स्वस्थ होने की दर इक्यानवे प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से तेरह प्रतिशत अधिक है स्वस्थ होने वालों की संख्या एक लाख छियालीस हजार पांच सौ तैंतीस हो गयी है वहीं इसी इस वैश्विक महामारी से अब तक आठ सौ छत्तीस लोगों की मौत हो चुकी है दूसरी तरफ कल कोविड उन्नीस के एक हजार पांच सौ पचहत्तर नये मामलों की पुष्टि के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख इकसठ हजार एक सौ एक हो गयी है सबसे अधिक एक सौ तिरासी मामले पटना से सामने आये हैं सुपौल से एक सौ पूर्णिया से सतहत्तर अररिया से पचहत्तर बेगूसराय और नालंदा से बहत्तर बहत्तर मुजफ्फरपुर से संतावन तथा पूर्वी चंपारण और कटिहार से तिरपन तिरपन मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले पाये गये हैं राज्य में अभी सक्रिय मरीजों की संख्या तेरह हजार सात सौ इकतीस है मेदांता अस्पताल के मस्तिष्क स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर सौरभ मेहरोत्रा ने कहा कि कोविड उन्नीस से संबंधित अधिकतर समाचार से अपने को दूर रखना चाहिए ताकि मानसिक रूप से परेशानी न बढ़े बाईट हम अपने आपको पॉजिटीव एडिक्शन में एगेज करें जैसे राइटिंग रीडिंग क्रिएटिव आर्ट सच एज ड्राईंग पेंटिंग गार्डनिंग इस तरीके की चीजें दीज आर क्वालीफाईड पॉजिटीव एडिक्शन म्यूजिक ये सब पॉजिटीव एडिक्शन है ये स्ट्रैच रिड्यूज करने में हमारा बहुत मदद करते हैं हम सोशली कनेक्टेड रहें एक दूसरे से टेलीफोन कनर्वसेशन करें बात करें लोगों से राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमितों से संबंधित विभिन्न जानकारियों के विश्लेषण के लिए तीन स्तरीय समिति का गठन किया है जिला स्तर पर गठित कमिटी का अध्यक्ष सिविल सर्जन को बनाया गया है जबकि चिकित्सा महाविद्यालयों में गठित समिति के अध्यक्ष प्राचार्य होंगे वहीं राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्षता स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव करेंगे यह समिति कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु की गणना मृत्यु का कारण मरीजों को उपलब्ध करायी जा रही चिकित्सा व्यवस्था तथा कोरोना के कारण होने वाली मृत्यु को कम करने के सुझाव देगी कोविड उन्नीस के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है इसे इस वर्ष तीस मार्च को घोषित किया गया था यह केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को पचास लाख रुपये के बीमा के दायरे में लाती है जिन्हें कोविड उन्नीस रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है तथा उन्हें संक्रमित होने का जोखिम बना रहता है इस योजना में कोविड उन्नीस के कारण दुर्घटनावश मौत के शिकार लोग भी शामिल हैं राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह पांच बजे के आस पास भूकम्प के हल्के झटके महसूस किये गये नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकम्प की तीव्रता रेक्टर स्केल पर पांच दशमलव तीन मापी गयी भूकम्प का केन्द्र नेपाल की राजधानी काठमांडू से अड़तालीस किलोमीटर पूरब में था भूकम्प से जान माल की क्षति की कोई खबर नहीं है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में कम से कम इकतीस लोगों की मौत हो गयी जबकि बारह अन्य घायल हो गये कैमूर में पांच वैशाली में चार रोहतास और भोजपुर में तीन तीन सारण बक्सर हाजीपुर अररिया और गोपालगंज में दो दो तथा पटना सुपौल कटिहार कैमूर शेखपुरा और बेगूसराय में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है मरने वालों में अधिकतर खेतों में काम कर रहे थे मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात की घटना में मारे गये लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए जिला प्रशासन से मृतकों के निकटतम परिजनों को चार चार लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की सम्भावना जतायी है विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बारिश के अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण छोटी नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है अररिया जिले के सिकटी में नून नदी के उफान से पडरिया रानीकट्टा बलिगढ़ और सालगुडी कचना समेत कई गांव में नदी का पानी प्रवेश कर गया है वहीं सीतामढ़ी जिले में लखनदेई नदी के उफान से सोनबरसा में बना डायवर्जन ध्वस्त हो गया है जिस कारण आवागमन बाधित हुआ है पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रदेश के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन की उपलब्धता के बारे में अद्यतन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये यह आदेश दिया प्रदेश में एक से उन्नीस वर्ष तक के बच्चों और किशोरों को कृमिनाशक दवा की खुराक देने के लिए आज से पच्चीस जिलों में विशेष अभियान चलेगा राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि उनतीस सितम्बर तक आशा कार्यकर्ता घर घर जा कर क्रमिनाशक दवा देंगी मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के सजायाफ्ता ब्रजेश ठाकूर की याचिका पर सीबीआई को जवाब देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो सप्ताह का समय दिया है ब्रजेश ठाकुर ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसने कहा है कि मामले में पक्षपातपूर्ण तरीके से फैसला सुनाया गया जिसे रद्द किया जाये मूंगेर जिले के टेटियाबम्बर थाना क्षेत्र के गौरवडीह मुशहरी गांव के पास महाने नदी के ढ़ाव में स्नान करने के दौरान तीन बच्चियों की डूबने से मौत हो गई वहीं समस्तीपूर में भी दो बच्चियों की डूबने से मौत की खबर है गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भुसुंडा बाजार में अपराधियों ने एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी हत्या से आक्रोशित लोगों ने गया फतेहपुर मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया बक्सर जिले की चक्की थाना पूलिस ने अंतरराज्यीय मोटरसाईकिल चोर गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार चोरों में होमगार्ड के चार जवान भी शामिल है वहीं जिले के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एटीएम बदलकर दूसरे के खाते से पैसा निकालने वाले गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत संसारपुर ढाला के पास से पुलिस ने भारी संख्या में कारतूस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है बक्सर जिले के सिकरौल थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर गांव से पुलिस ने एक पिकअप वैन से सात हजार बोतल शराब बरामद की है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शहरी विकास से जुड़ी पांच सौ इकतालीस करोड़ रूपये की विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास से जूड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने पीएम के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है छठी मईया के आर्शीवाद से गंदे पानी से मुक्ति दिलाने को करते रहेंगे काम हिन्दुस्तान ने इसी खबर पर लिखा है राज्य के हर क्षेत्र में मिल रहा है पीएम का सहयोग नीतीश दैनिक जागरण की सुर्खी है एलएसी पर चुनौती सेना तैयार दैनिक भास्कर लिखता है हैप्पीनेस इंडेक्स में बिहार को पच्चीसवां रैंक दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा ने दरभंगा में एम्स के गठन को केन्द्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर इक्यानवे प्रतिशत हुई